प्रदेश में भी संकमण की रफ्तार कम हुई

रेल गाड़ियों में खत्म नहीं होगी प्रतीक्षा सूची रेलवे ने किया स्पष्ट

पीएम एसोचैम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता को दुनिया में दिखाने का यह सही समय है उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान किया कि वह आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं

चार सौ से अधिक उद्योग मंडल और व्यापार संघ इसके सदस्य हैं

इधर प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है यहां रोजाना नए प्रकरणों से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं

जन आंदोलन बुरहानपुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी एमपी गर्ग ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है उन्होंने लोगों से दो गज की सुरक्षित दूरी बनाने बार बार हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है

कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावित हई शिक्षा व्यवस्था को देखते हए राज्य शिक्षा केन्द्र ने यह निर्णय लिया है इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने कल शाम निर्देश जारी कर दिए हैं राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि इसके लिए छमाही परीक्षा एवं वार्षिक मूल्यांकन लिया जाएगा

तीनों मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा मूल्यांकन के लिए बच्चों को वर्कशीट दी जाएगी जिसे वे घर पर पूरा कर स्कूल में जमा करेंगे

रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रतीक्षा सूची एक ऐसा प्रावधान है जो हमेशा बना रहता है जब किसी रेलगाड़ी में यात्रियों द्वारा की गई मांग उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक होती है कुपोषण प्रबंधन बैठक शिवपुरी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज बाल संरक्षण एवं कुपोषण प्रबंधन पर सामाजिक संस्थाओं और संगठनों की एक बैठक का आयोजन किया गया आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरयाल ने बताया कि जनभागीदारी से कुपोषण मिटाने की पहल की जा रही है उन्होंने बताया कि सामाजिक संस्थाएं आगे आकर क्पोषित बच्चों को गोद ले सकते हैं और उनके परिवार की मदद कर सकते हैं इस बैठक में जिले की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे एंकर रितेश निधन आकाशवाणी भोपाल और दूरदर्शन समाचार मध्यप्रदेश के वरिष्ठ और तेजुतर्रार न्यूज़ रीडर रितेश सक्सेना का आज निधन हो गया वे लम्बे समय से किडनी की बीमारी से ग्रसित थे हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने कल दर्शकों तक द्रदर्शन मध्यप्रदेश के माध्यम से समाचार पहुंचाए थे श्री सक्सेना का जाना आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार के लिए बड़ी क्षति है गैस कांगेस प्रदर्शन कांग्रेस ने डिजल पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ आज जिला और ब्लाक स्तर पर प्रदर्शन किया राजधानी भोपाल के रोशनपुरा क्षेत्र में किये गए प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारेबाजी की उधर इंदौर में भी कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया मौसम पिछले सप्ताह हई बारिश के बाद अब मौसम पूरी तरह से शृष्क हो गया है आसमान साफ होने से सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है ग्वालियर और चंबल संभाग शीतलहर की चपेट में आ गए हैं राजधानी भोपाल में भी ठंडी हवा चलने से ठिठुरन का अहसास हो रहा है

होशंदाबाद जिले में भी बादल छटने के बाद ठंड का असर बढ़ गया है उधर सतना मंदसौर और शिवपूरी मे फसलों पर पाला पड़ने की भी आशंका बढ़ गई है

अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की पुण्यतिथि पर आज मुरैना में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई